महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने दो सौ अठारह फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का किया फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तीन जनपदों अलीगढ आजमगढ़ और सहारनपुर में अगले सत्र से तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जन समस्याओं के तेज गति से समाधान करने के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश लोकसभा ने कल रात लम्बे विचार विमर्श और मत विभाजन के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया तीन सौ ग्यारह सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और अस्सी सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया ये विधेयक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से उत्पीड़न के कारण वर्ष दो हजार चौदह के अन्त तक भारत आ गए हिन्दू जैन पारसी बौद्व और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है हांलांकि छठी अनुसूची में शामिल कुछ जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को विघेयक के दायरे से अलग रखा गया है ये विघेयक नागरिकता विघेयक उन्नीस सौ पचपन पासपोर्ट अधिनियम उन्नीस सौ बीस और विदेशी नागरिक अधिनियम उन्नीस सौ छियालिस में संशोधन करता है सदन में बहस का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विघेयक अनुछेद चौदह सहित संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता श्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण ये विधेयक लाना जरूरी हो गया था उन्होंने इन तीन पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक आबादी के लगातार कम होने का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर को इस विधेयक के लिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा विपक्ष के बार बार सवाल उठाने पर कि ये विवेयक अभी क्यों पेश किया जा रहा है गृहमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के कारण ये जरूरी हो गया था श्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा इससे पहले चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के श्री मनीष तिवारी ने विवेयक को अनुछेद चौदह का उल्लंघन बताया मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के श्री वेंकटेशन ने कहा कि विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है नेशनल पीपूल्स पार्टी की सुश्री अगाथा संगमा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे पेश किया गया है कुल अड़तालिस सांसदों ने विवेयक पर अपने विचार रखे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है बीती रात उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस को गम्भीर और विस्तृत चर्चा के बाद पारित कर दिया केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक से पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यकों के लिए भारत में दरवाजे खुल जाएंगे कल रात ट्वीट संदशों में श्री शाह ने इस विधेयक को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आमार जताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के विरूद्व अपराध की घटनाओं के प्रति चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि दृष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए एक सौ चौवालीस फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय किया गया है बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए चौहत्तर नयी अदालतों के गठन का भी निर्णय किया गया श्री पाठक ने कहा कि इन अदालतों के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दो सौ अठारह पद सृजित किए गए हैं इन अदालतों पर होने वाले व्यय का साठ प्रतिशत केंद्र सरकार और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा प्रत्येक नयी अदालत के गठन पर तिरसठ लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में अयोध्या गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगम की वर्तमान सीमा के विस्तार को मंजूरी दे दी है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैविनेट मंत्री सिद्दार्थ नाथ सिंह ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि अयोध्या नगर निगम में इकतालिस और गोरखपुर नगर निगम की सीमा में इकत्तीस गांव जोड़े जाएंगे तथा फिरोजाबाद नगर निगम में एक कॉलोनी को शामिल किया जाएगा उन्होंने बताया कि कैदिनेट ने कूशीनगर नगर पालिका क्षेत्र में इकत्तीस नये गांव जोड़ने को मंजूरी दे दी है साथ ही सोलह नगर पंचायतों की सीमा विस्तार को भी कैविनेट ने मंजूर किया है मंत्रिमंडल ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से जोड़ने के लिये लिंक वे बनाने का भी निर्णय किया है इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के निर्णय को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह रिपोर्ट छह माह में तैयार हो जाएगी उन्होंने बताया कि करीब चालीस किलोमीटर का यह लिंक वे चार लेन का होगा इस लिंक वे के बन जाने से यमूना एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस का सम्पर्क बिहार की सीमा से जुड़ जाएगा मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये अन्य फैसलों में ऐसे पेड़ों की नयी सूची तैयार की गयी है जिन्हें काटने के लिये अनुमति लेने की आवश्यकता होगी इनमें देसी तुकमी और कलमी आम नीम साल और महुआ समेत उन्तीस किस्म के पेड़ शामिल हैं कैबिनेट ने अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया से निकलने वाले एक्स्ट्रा न्यूटल अल्कोहल पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का भी फैसला किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तीन जनपदों अलीगढ़ आजमगढ़ और सहारनपुर में नए सत्र से तीन नए विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए कृतसंकल्य है और इसी ऊम में यह निर्णय लिया गया है श्री योगी कल सिद्वार्थनगर के बिस्कोहर में राजकीय डिग्री कालेज के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौ करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने सिद्वार्थनगर जनपद में इटवा भारतभारी बिस्कोहर बढ़नीचाफा और कपिलवस्तु को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंद्रह लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी दिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के व्यापारी वर्ग ने देश के विकास में बहुत योगदान दिया है कल नई दिल्ली में लखनऊ के लक्मीपत सिंघानिया भारतीय प्रबंधन संस्थान को राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार दो हजार अट्ठारह प्रदान करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े व्यापारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने कहा कि वर्तमान यूग में भारत को जलवायू परिवर्तन और सतत विकास सहित अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने इन चुनौतियों को मिलजुल कर हल करने पर जोर दिया और कहा कि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जिससे राष्ट्र का विकास होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत देश में इस साल नवम्बर तक दस लाख करोड़ रूपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किये गये केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कूमार गंगवार ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अतंर्गत अप्रैल दो हजार पन्द्रह से मार्च दो हजार अट्ठारह के दौरान लगभग पांच करोड़ लोगों को ऋण दिया गया सर्वेक्षण बताते हैं कि इन ऋणों से लामार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह योजना सक्षम साबित हो रही है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी उन्होंने जनता की समस्याओं का तेज गति से समाधान करने के निर्देश दिये श्री मौर्य कल लखनऊ में अपने कैम्प कार्यालय पर राज्य के विभिन्न भागों से आये लोगों के साथ सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है अधिकारीगण सरकार की प्राथमिकताओं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण इलाके खुले में शौच की कृप्रथा से मुक्त हो गए हैं जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शहरी इलाके खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं केन्द्र सरकार सैनिक स्कूलों में बालिकाओं की शिक्षा के लिए चरणबद्द ढंग से अनुमति देगी राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि वर्तमान में पांच सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है